प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दस ट्रिलियन डॉलर वाली दनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में अपनी परिकल्पना सामने रखी आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्रो ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जिसमें एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के सपने और आकांक्षाएं पूरी हो सकें श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई उस समय नीतियों के मामले में देश में पूरी अराजकता छाई हुई थी मुद्रा स्फीति बेकाबू थी और चालू खाता घाटा बढ़ता जा रहा था श्री मोदी ने कहा कि एन डी ए सरकार के नेतृत्व में देश में विकास की दर सात दशमलव चार प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर रही जो कि आजादी के बाद सबसे शीर्ष विकास दर है

सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निर्णायक लड़ाई जीतने के लिए कूटनीति सहित सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमले के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है श्री जेटली ने कहा कि भारत में आज कल आक्रोश है इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेले जाने के लिए अभी अनुकूल माहौल नहीं है केंद्र ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कृषि और किसानों क विकास में सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री शाह ने आज लखनऊ में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारों ने राज्य में सहकारी क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की जिसकी वजह से प्रदेश के किसानों को जो फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को मज़बूत करने के लिये गुजरात और महाराष्ट्र के सहकारिता मॉडल को अपनाना चाहिये

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नये भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिये कई कार्यक्रमों को प्रभावी और बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिल सकती है श्री योगी ने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिये कई कार्यक्रम श्रू किये हैं जिससे उन्हें लाभ हो रहा है उधर श्री शाह ने आज गोरखपूर में भाजपा किसान मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द सरकार ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने के लिये कई योजनाएं संचालित की हैं श्री शाह ने कहा कि देश के किसानों की दयनीय हालत के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल चौबीस फरवरी को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात कार्यक्रम की तिरपनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर कल रात एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे रात नौ बजकर तीस मिनट पर आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति श्री कोविंद राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोरखपूर में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित दो दिवसीय किसान सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे

बाद में प्रधानमंत्री प्रयागराज जायेंगे जहां वह प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में कुंभ में अथक रूप से काम कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे इसके अलावा श्री मोदी स्वच्छता स्वयं सेवकों संतो और छात्र स्वयं सेवकों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री सरस्वती कूप और अक्षयवट का दर्शन भी करेंगे अक्षयवट लगभग साढ़े चार सौ वर्षो के अन्तराल के बाद जनता के लिये खोला गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन रहा ह

उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला संस्कृति और आध्यात्म का केन्द्र है बाइट क्रंभ का मेला कितनी बड़ी विरासत है ये सारे देश के और दुनिया के तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं ये समागम एक प्रकार से स्प्रीचुवल इंस्प्रेशन के लिए तो है ही है लेकिन ये सोशल रिफॉरमेशन मूवमेंट का एक हिस्सा है भदोही जिले में आज एक विस्फोट में ग्यारह लोगों की मौत हो गई है यह हादसा जनपद के चौरी इलाके में आज दोपहर उस समय हुआ जब कालीन कारखाने की एक इमारत शक्तिशाली धमाके के बाद पूरी तरह ढह गयी धमाका इतना शक्तिशाली था कि भवन के कुछ हिस्से दूर जाकर गिरे जिससे भदोही वाराणसी मार्ग से गूजर रहे कुछ लोग घायल हो गये भवन के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है विन्ध्यांचल परिक्षेत्र के डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है साथ ही फोरेंसिक टीमों को विस्फोट की जांच के लिये बुला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है श्री योगी ने इस विस्फोट में घायल लोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये ज़िला प्रशासन को निर्देशित किया है